यह कार्य आखिरी दौर में है

उन्होंने कहा कि भारत जो भी वैक्सीन देगा वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी और इसके उपयोग की देशव्यापी व्यवस्था होगी श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन आने में देर नहीं है लेकिन तब तक सभी सावधानियों का पालन करना ही है दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा इसकी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं राज्य संचालन समिति बनाई जा चुकी है यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है

दूसरी ओर सोशल मीडिया पर चल रही प्रदेश में लॉकडाउन लगाए जाने की खबरों को प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर खारिज किया है

गृहमंत्री ने आगे कहा कि किसानों के बीच किसी ने लॉकडाउन का भ्रम फैला दिया है जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनका पूरा अनाज खरीदा जाएगा

वहीं सागर तथा बुरहानपुर में नवीन अभ्यारण्य की स्थापना पर भी काम चल रहा है उमरिया जिले के राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में वन विभाग की बैठक के दौरान वन मंत्री डाक्टर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में नवीन वृक्षारोपण अधिनियम लाया जा रहा है देवप्रबोधिनी एकादशी आज देवप्रबोधिनी एकादशी है इसे देवउठनी ग्यारस भी कहते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीरसागर में छह महीने के शयन के पश्चात आज जागते हैं परम्परानुसार आज तुलसी विवाह भी मनाया जाता है जिसमें तुलसी और भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का धार्मिक रीति रिवाजों के अनुरूप विवाह कराया जाता है आज से ही सभी प्रकार के मांगलिक धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं देवउठनी ग्यारस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उज्जैन में इस अवसर पर तीन दिवसीय कालीदास समारोह की शुरुआत हो रही है वहीं खंडवा होशंगाबाद जबलपुर सहित अनेक जिलों से धूमधाम के साथ देव प्रबोधनी एकादशी मनाये जाने के समाचार मिले हैं

घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है